एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके उपरांत मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला के फतेहपुर में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे प्रदेश सरकार पौंग बांध विस्थापितों के लंबित पड़े मामलों को सुलझाने के लिए उनके दावों से जुड़े दस्तावेज पूरा करने के लिए विशेष शिविर लगाएगी

उन्होंने ने कहा कि इन शिविरों में लोगों के जमीनी हक के मामलों को आगे बढ़ाने और इनमें तेजी लाने के लिए दावों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज पूरा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी

सोलन और सिरमौर जिला के युवाओं के लिए डिग्री कॉलेज सोलन में युवा सांसद कार्यक्रम आयोजित होगा

नेहरू युवा केन्द्र के लेखाकार लेखराज कौशिक ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित बनाना और नए भारत के निर्माण में युवाओं की सोच को उजागर करना है उन्होंने ये भी कहा कि युवा सांसद प्रतियोगिता के लिए बेटियों में ज्यादा उत्साह देखा गया

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

कुल्लू जिला की लग घाटी के तेलंग सड़क पर बीती रात एक जीप के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई

पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्ट के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेंत्रो में आज बादल छाये हुए है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति व किन्नौर की उंची चोटियों पर हल्के हिमपात का समाचार है मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने से उंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल लिखता है स्वर्ण आरक्षण पर हिमाचल की मुहर दैनिक जागरण का शीर्षक है संस्कृत को राजभाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बना हिमाचल

अमर उजाला की एक अन्य खबर है

आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में बारिश बर्फबारी की संभावना पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में न जाने की दी सलाह शांता की वीरभद्र सिंह को सलाह कांग्रेस को एकजुट करके रखें आपका फैसला की एक खबर है दैनिक भास्कर सांसद शांता कुमार के हवाले से लिखता है पार्टी आदेश देगी तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार